प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मन्दिर निर्माण की आधारशिला रखी इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे

भूमि प्रजन के बाद मंच से संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा है और श्रीराम सदैव हमारे दिलों में रहेंगे श्री मोदी ने कहा कि राम हमारी संस्कृति के आधार हैं

प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर राम मन्दिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट जारी की इस अवसर पर अनेक संत आध्यात्मिक ग्रु और राम मन्दिर आन्दोलन से जुडे अन्य नेता उपस्थित थे कोविड महामारी के कारण भूमि पूजन का कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ सम्पन्न हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में अयोध्या में राम मन्दिर के भूमि पूजन के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है और कहा कि ये आध्निक भारत का प्रतीक होगा प्रदेश में राम मन्दिर के शिलान्यास का व्यापक स्वागत हुआ है राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हए लोगों को शुभकामनाएं दीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि भगवान राम का हमारी संस्कृति और सभ्यता में विशिष्ट स्थान है उन्होंने कहा कि आज भगवान राम के मूल्यों पर आधारित समता मूलक समाज बनाने पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने अपने संदेश में कहा कि भगवान राम का मन्दिर हमारे देश में एकता और भाईचारे का प्रतीक बने पूर्व मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भूमि प्रजन और शिलान्यास ना केवल मन्दिर निर्माण का है बल्कि एक नये भारत तथा नये युग का भी है अयोध्या में राम मन्दिर के निर्माण के शिलान्यास के मौके पर राज्य के कई शहरों में पूजा पाठ के विशेष कार्यक्रम हुए बांसवाड़ा में मन्दिरों और चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा कि कार्यस्थलों पर कोरोना संक्रमण रोकना जरूरी है मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि राज्य कर्मचारी पूरे सुरक्षात्मक उपायों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएं

इसी कड़ी में आज झालावाड़ जिले में कोविड जागरुकता सप्ताह का शुभारंभ हुआ जिला कलेक्टर निकिया गोहेन ने आठ जागरुकता रथों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया जागरुकता सप्ताह के दौरान संगोष्ठी नुक्कड़ नाटक वृक्षारोपण और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरुक किया जायेगा

दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉ नरेश ग्रप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा है

मंत्रालय ने इन संस्थानों को सोशल डिस्टेन्सिंग रखने और परिसर को रोजाना सेनेटाइज करने को कहा है हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में आज योग केन्द्र और जिम खुलने के पहले दिन लोगों की उपस्थिति कम रही

एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वेबिनार में दोनों राज्यों के बीच लोक कलाओं साहित्य संगीत और सांस्कृतिक पक्षों पर चर्चा की गई वेबिनार में पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ और कला समीक्षक डॉ राजेश व्यास मुख्य वक्ता रहे

करौली बारां दौसासवाईमाधोपुर में हल्की तथा बांसवाड़ा में तेज बारिश के समाचार हैं राजधानी जयपूर में कुछ स्थानों पर बरसात हई बूंदी के तालेड़ा और नैनवा तथा दौसा और इसके आस पास के इलाकों में दिनभर रुक रुक कर हल्की वर्षा का दौर जारी रहा

राजस्थान राज्य प्रद्षण नियन्त्रण मण्डल ने बिना सम्मति के संचालित ओरेंज और ग्रीन श्रेणी के लघु उद्योगों को सुनहरा अवसर देते हुए स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम की घोषणा की है